उन्होंने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए

प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में अफवाहों को रोकने में आकाशवाणी की भूमिका महत्वपूर्ण है

उन्होंने कहा कि रेडियो प्रसारकों को विशेषज्ञों के विचारों को देने के साथ साथ सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी लोगों को देनी चाहिए उन्होंने रेडियो कार्यक्रम प्रस्त्रतकर्ताओं से लोगों के समक्ष आ रही कठिनाइयों और चुनौतियों का भी उल्लेख करने को कहा ताकि सरकार इनके समाधान के लिए प्रयास कर सके उन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए रेडियो प्रसारकों की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता कार्यक्रमों के जरिए करोडों लोगों के परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने निर्धनों और सुविधा वंचित लोगों की मदद के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है और इनके बारे में लाभार्थियों तक जानकारी पहुंचाना जरूरी है ताकि घोषित उपायों का लाभ उन्हें मिल सके

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव रवि मित्तल ने भी कार्यक्रम में भाग लिया

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयुष चिकित्सकों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष का नेटवर्क देशभर में मौजूद है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए इस नेटवर्क का उपयोग करना आवश्यक है श्री मोदी ने तनाव कम और और शरीर को सशक्त बनाये रखने के लिए हैशटैग योगा एट होम को बढ़ावा देने में आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की उन्होंने कहा कि आयुष के वैज्ञानिकों भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और अन्य अनुसंधान संगठनों को मिलकर साक्ष्य आधारित अनुसंधान करना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न राज्यों में कार्यरत प्रदेश के मूल निवासियों से लॉकडाउन अवधि के दौरान अपनी आजीविका वाले स्थान पर बने रहने की अपील की है मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उनकी यात्रा उनके और उनके परिवार सहित अन्य संबंधियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को जोखिम में डाल सकती है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन अवधि में विभिन्न राज्यों में रह रहे प्रदेश के लोगों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है इसके लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे है मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता करके वहां रहने वाले प्रदेश के मूल निवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिये आवश्यक चिकित्सीय व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया

उन्होंने लखनऊ में कई स्थानों पर संचालित किये जा रहे किंचन कम्युनिटी सेन्टर का भी जायजा लिया और वहां भोजन वितरण के लिये की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया

उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को इसी प्रकार जिला स्तर पर भी समिति गठित करने के निर्देश दिये हैं जिससे बेहतर समन्वय के साथ इस महामारी से निपटा जा सके मुख्यमंत्री ने लखनऊ में कल वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लॉकडाउन की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये लॉकडाउन का प्रभावी क्रियान्वयन बहुत जरूरी है उन्होंने जिलाधिकारियों से अपने जनपदों में सभी जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता तथा उन्हें लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निदश दिये हैं उन्होंने कहा कि सड़क में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं दिखना चाहिये उन्होंने कालाबाजारी मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये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

इनमें गौतमबुद्ध नगर से तेईस मामले हैं वहीं आगरा के दस लखनऊ के आठ गाजियाबाद के पांच पीलीभीत के दो लोग है वहीं लखोमपुर खीरी बागपत मुरादाबाद वाराणसी कानपुर जौनपुर शामली और मेरठ के एक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज शामिल है

शेष अन्य मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है

प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अपने घर पहुंचाने के लिए एक हजार बसों की व्यवस्था की है ये लोग सीमाओं पर फंसे हुए हैं और अपने घर पैदल जाने का प्रयास कर रहे हैं सरकार ने ऐसे लोगों से न घबराने की अपील की है एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए बसों के इंतजाम को सुनिश्चित किया परिवहन विमाग ने रात से ही बसों का परिचालन शुरू कर दिया है दिल्ली की सीमा पर और दूसरे राज्यों की सीमाओं पर मौजूद भारी भीड़ ने बसों के चलने के बाद राहत की सांस ली प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने लोगों से पर्याप्त दूरी बनाकर खड़े रहने की अपील की पुलिस जरूरतमंद मुसाफिरों को खाना और पानी भी मुहैया करा रही है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ दूरदर्शन के बहुचर्चित धारावाहिकों रामायण और महाभारत का आज से पुनःप्रसारण शुरू हो गया है रामायण का प्रसारण राष्ट्रीय चैनल पर सुबह नौ से दस बजे तक और रात नौ से दस बजे तक किया जा रहा है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन धारावाहिकों का प्रसारण फिर से शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है

दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने लॉकडाउन के दौरान दिव्यांगों के लिए न्यूनतम अपेक्षित सहायता सेवा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है विभाग के सचिव ने गृह मंत्रालय के सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि आपदा की घड़ी में दिव्यांगों की स्थिति कमजोर पड़ने की आशंका रहती है क्योंकि उन्हें लगातार देखभाल और सहायता की जरूरत होती है पत्र में कहा गया है कि विभाग को लॉकडाउन के दौरान दिव्यांगों के समक्ष आ रही कठिनाईयों से जुड़े कई फोन प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि देखभाल करने वाले लोगों को दिव्यांगों के घरों तक पहचने में दिक्कत आ रही है केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध पर मूल समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सरसों चना और मसूर दाल के क्रय के लिये अनुमति प्रदान कर दी गई है इसके अन्तर्गत दो लाख चौसठ हजार मीट्रिक टन सरसों दो लाख मीट्रिक टन चना तथा एक लाख इक्कीस हजार मीट्रिक टन मसूर किसानों से सीधे क्रय किया जा सकेगा क्रय की अवधि दो अप्रैल से शुरू होकर नब्बे दिन के लिये होगी सहकारिता विभाग के अधीन एजेंसी द्वारा क्रय की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी प्रदेश सरकार ने बीमा कम्पनियों को मार्च में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि के कारण रबी और आलू की फसलों को हुए नुकसान के संबंध में आवश्यक सर्वेक्षण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिये हैं इसके लिये जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे राजस्व एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों के साथ बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों को सर्वेक्षण कार्य के लिये पास देने की कार्रवाई तुरन्त सुनिश्चित करे ताकि किसानों को उनकी फसल से हुई हानि की भरपाई बीमा कम्पनियां समय से दे सके